बागेश्वर जिले के विभिन्न हिस्सों में जल रहे हैं चीड़ के जंगल वन संपदा को नुकसान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

परिणाम शाम तक आने की उम्मीनद है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

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा से किन्ही पांच मतदान केन्द्रों का चयन कर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों और मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाएगा सुगम और बाधा रहित मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं मतगणना केन्द्रों की त्रिस्तरीय सुरक्षा की गई है निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में चौबीसों घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है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

उन्होंने कहा कि सूचना तकनीकी के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने दो करोड़ नये मतदाताओं को शामिल किया है उन्होंने कहा कि इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है

सुबह सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी चुनाव परिणामों की घोषणा संबंधित सीटों के आरओ करेंगे

मतगणना की गति पर निर्वाचन आयोग की लगातार नजर रहेगी इसके लिए इस बार सुविधा पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है मतगणना केंद्रों में एआरओ सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से चकवार स्थिति अपलोड करेंगे इसकी मॉनीटरिंग निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से की जाएगी

कल सुबह पांच बजे इन कार्मिकों के टेबलवार ड्यूटी का रैंडमाइजेशन रोशनाबाद में किया जाएगा

मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं चमोली जिले की तीनों विधानसभा की मतगणना के लिए जीजीआईसी गोपेश्वर में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबन्द कर दी गई है भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक कुलेन्द्र तालुकदार ने जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया के साथ मतगणना केन्द्र में की गई तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेक्षक को मतगणना के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्र में साफ सफाई व प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था के इंतजाम किए गए है साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किये गए हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया व एसएसपी पीएस मीणा ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था कम्प्यूटर कक्ष पोस्टल वैलेट के लिए कम्प्यूटर सीसीटीवी लगा दिये गये हैं मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया सेंटर की व्यवस्था की गई है ऑब्जर्वर की निगरानी और चौकिंग के लिए भी कम्प्यूटर लगा दिये गये हैं बागेश्वर जिला प्रशासन ने आज मतगणना के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों का तृतीय चरण का प्रशिक्षण संपन्न कराया

हर चक्र की गणना की सूचना अल्मोड़ा आरओ को भेजी जाएगी

प्रशिक्षण यूएस नगर नैनीताल ऊधमसिंहनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत रूद्रपुर के बगवाड़ा मंडी में मतगणना केंद्र में एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स तैनात रहेगी

इसके अलवा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मतगणना केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में े लगभग तीन सौ पुलिस और पीएसी के जवान भी तैनात रहेगें

मतगणना कार्मियों को सम्बोन्धित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि किसी प्रकार की गलती माफ नहीं की जाएगी वहीं प्रेक्षक सीमा व्यास ने मतगणना केन्द्र कीर्ति इन्टर कालेज का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया उधर टिहरी में मतगणना स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है नई टिहरी छमुंड बौराड़ी मोटर मार्ग को जीरो जोन घोषित करते हुए वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी मतंगणना स्थल पर जिला प्रशासन सहित मीडिया कर्मियों को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है परिसर में वाई फाई और इंटरनेट के लिए जैमर लगाए गए हैं

आज भी जिले के जौलकांडे लेटी सिया ध्राफाट खौलसीर बलुटा द्यांगण मनकोट समेत कई क्षेत्रो के जंगलों में आग लगी रही जौलकांडे के जंगल रातभर जलते रहे और सुबह तक पूरी तरह खाक हो गए चीड़ के पेड़ों में लगी आग से कई पेड़ गिरने के कगार पर पहुंच गए हैं सिया गांव के आसपास के जंगल भी धधक रहे हैं फायर वॉचर दिन रात आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं वनाग्नि के कारण वनस्पति नए पौधे जंगली जानवरों और पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ गया है हिमालय सुरक्षा पर मंथन आईआईटी रुड़की के डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा हिमालय क्षेत्र में डिजाइन की चुनौतियों पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया

सम्मेलन में पर्यावरणविद अनिल जोशी ने हिमालय की रक्षा और सुरक्षा को बड़ी चुनौती बताया उन्होंने कहा कि हिमालय के बारे में सिर्फ बंद कमरों में चर्चा नहीं होनी चाहिए बल्कि हिमालय में बैठकर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने कहा कि हिमालय को बचाने के लिए एक हिमालय नेटवर्क की जरूरत है जिसमें गांवों को जोड़ना भी जरूरी है